मंगलवार को बीस से अधिक मंत्री ले सकते हैं शपथ उपभोक्ता और सुशासन दिवस कल प्रदेशभर में होगा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन ग्वालियर में मंगलवार से शुरू हो रहा है तानसेन समारोह

मंत्रिमण्डल गठन प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंगलवार को शपथ दिलायी जाएगी राज्य के नये मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होने की संभावना है इसको ध्यान में रखते हए इसकी तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं

अटल स्मृति भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर कल उनकी स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस सिक्के के अग्रभाग पर बीच में अशोक स्तम्भ होगा जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा वृत्त पर बायीं ओर भारत और दाहिनी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा

सिक्के के पीछे अटलबिहारी वाजपेयी का चित्र होगा

उपभोक्ता दिवस उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जायेगा इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे विदिशा में जागरूकता रैली निकाली जायेगी जो बड़जात्या स्कूल से प्रारंभ होकर नगर के तिलक चौक पर सम्पन्न होगी जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में स्वास्थ्य लीड़ बैंक ऊर्जा विभाग नापतौल वेयर हाउसिंग एलपीजी डीलरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी साथ ही साथ उपभोक्तागण ठगी से कैसे बचें पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी भी देख सकते हैं

इस दौरान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी सुचना का अधिकार सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे कल सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेशभर में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई जायेगी कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर ने तीस दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये हैं

यह मिसाइल स्वदेश निर्मित है और इसकी मारक क्षमता चार हजार किलोमीटर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अनुसार लक्ष्य पर भेजने के दौरान मिसाइल अपनी गड़बड़ियों को स्वयं ठीक करने में सक्षम है न्यायालय भवन खरगौन जिले के भीकनगांव में आज तहसील स्तर के सबसे बड़े और सर्वसुविधायक्त न्यायालय भवन का लोकार्पण किया गया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने इसका लोकार्पण करते हुए कहा कि पक्षकारों को सुविधा देने के साथ साथ अधिवक्ता और न्यायाधीश के समन्वय की भी आवश्यकता है जिससे मामले की अच्छे तरीके से सुनवाई कर उचित न्याय प्रदान किया जा सके

इस दौरान नगदी सहित निवेश संबंधी विभिन्न दस्तावेज जब्त किए गए सुत्रों के अनुसार वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थ इस अधिकारी के विरुद्द आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी जिस पर संबंधित अदालत से विधिवत अनुमति लेकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गयी छापे की कार्रवाई में बेनामी संपत्ति का खुलासा हो सकता है

महिदपुर न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट महादेव प्रसाद नामदेव की अदालत में उसे कल पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया तानसेन समारोह ग्वालियर में पच्चीस दिसम्बर से तानसेन समारोह शुरू हो रहा है इसकी पूर्व संध्या पर कल उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम गमक आयोजित किया जायेगा इसमें देश विदेश के विख्यात सुफी गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन बंधु गजल प्रस्तुत करेंगे माण्डव उत्सव धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माण्डव का सालाना उत्सव कल से शुरू होगा छह दिवसीय माण्डव उत्सव के दौरान नत्य गायन वादन के अलावा साहसिक गतिविधियां भी आयोजित की जायेंगी कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे

द्घटना मौत सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में आज दोपहर बस और ट्रक के बीच हई भिडंत में दो लोगों की मौत हो गयी और बीस अन्य घायल हो गये

पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच आरंभ कर दी है मौसम पूर्व उत्तरी हवाओं के चलने से प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्से में आने वाले छतरपुर पन्ना रीवा मंडला उमरिया सिवनी अन्पपुर एवं डिंडौरी जिले में कहीं कहीं शीतलहर और शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है पर्यटन नगरी खजुराहो में कल तीव्र शीतलहर का प्रभाव रहा इसके अलावा रीवा उमरिया मंडला और सिवनी में भी शीतलहर का प्रभाव रहा प्रदेश के इंदौर ग्वालियर और चंबल संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहा जबकि भोपाल उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया

राजधानी भोपाल में ठंड का सिलसिला जारी है हालांकि कल की तुलना में आज दिन में ठंड का असर कम रहा परन्तु शाम के बाद ठंड ने एक बार फिर असर दिखाना चालू कर दिया

कृषि सलाह सतना जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड से फसलो को पाले से बचाने की किसानों को सलाह दी गई है

पाले की संभावना पर हल्की सिंचाई कर खेत गीला करने की समझाइश दी गई है

शिविर में एक सौ सात मरीजों को मोतियाबिन्द ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया

शासन के आदेश के अनुसार कोलार को नई तहसील बनाया गया